राज्य में आज पैंतालीस नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई राजधानी में मेडिकल कॉलेज को दो डॉक्टरों के अलावा मुख्यमंत्री निवास के बाहर तैनात जवान में भी कोरोना का संक्रमण भिला खरीफ फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए प्रदेश में आज से शुरू हुआ रोका छेका अभियान

हालांकि यह सुविधा सिर्फ उन अस्पतालों में होगी जो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से अनुबंधित है इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निर्देश जारी कर दिए हैं जारी निर्देश में कहा गया है कि पचास या पचास बिस्तर से अधिक के ऐसे अस्पताल जहां शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुविधा उपलब्ध है वहां कोरोना संक्रमण का उपचार किया जा सकेगा कोरोना के संदिग्ध मरीजों के उपचार के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी राज्य सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अनुबंधित अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए पैकेज तय कर दिया है निर्देश में यह भी कहा गया है कि इन अस्पतालों का तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा समिति की अनुशंसा के बाद ही इलाज की अनुमति दी जाएगी कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में आज कोरोना संक्रमित पैंतालीस नये मरीजों की पहचान की गई है इनमें जांजगीर चांपा से अट्ठारह अंबिकापुर से सत्रह रायपुर से सात और राजनांदगांव जिले से तीन मरीज मिले हैं अंबिकापुर जिले के बतौली में तेरह और अंबिकापूर शहर में चार मरीजों की पृष्टि हुई है वहीं रायपूर में मिले कोरोना संक्रमित मरीजों में दो डॉक्टर सहित चार मेडिकल मेडिकल स्टाफ शामिल हैं इस बीच आज सैंतालीस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छटटी दे दी गई इसी के साथ प्रदेश में बारह सौ उनचास मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं अब राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या सात सौ तैंतीस हो गई है मिली जानकारी के मृताबिक आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दो डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं राजधानी में डॉक्टरों के संक्रमित होने का यह पहला मामला है इसके अलावा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के दो कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं खबर है कि मुख्यमंत्री निवास में तैनात एक जवान में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है बताया जा रहा है कि यह जवान मुख्यमंत्री निवास के पश्चिमी गेट के बाहर ड्यूटी में तैनात था मुख्यमंत्री निवास परिसर में आने जाने वालों और परिसर के अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा व्यवस्था से उसका कोई सीधा ताल्लूक नहीं था जवान को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं राजनांदगांव में भिले तीन कोरोना संक्रमितों में दो डोंगरगढ़ और एक मानपुर ब्लॉक से है डोंगरगढ़ ब्लॉक में मिले दोनों मरीज स्वास्थ्यकर्मी बताए जा रहे हैं उधर दूर्ग में कल देर रात नौ कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इनमें नेवई थाने में पदस्थ तीन जवानों के अलावा दो डॉक्टर भी शामिल हैं सभी को जिला कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इनमें चंदन नगर में पंद्रह आरागाही में तीन तथा वाइफनगर ब्लॉक में तीन मरीज मिले हैं ये सभी प्रवासी मजदर हैं और क्वारेंटाइन सेंटर में थे जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर इंक्यानवे हो गई है इधर कोंडागांव जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के एक जवान को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है इस जवान को कोरोना संक्रमित होने के बाद बीते ग्यारह जून को जिला कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था फिलहाल जवान को आईटीबीपी के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है अब जिले में कोरोना संक्रमण के केवल दो सक्रिय मामले हैं गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिन के इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा इस योजना के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से दो तिहाई को रोजगार मिलने का अनुमान है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से पचास हजार करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा

इस योजना से प्रदेशभर के ऐसे सभी शासकीय शालाएं विकित्सालय कॉलेज आंगनबाड़ी भवन उचित मूल्य की दुकाने और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्गों से पक्की सड़क द्वारा नहीं जुड़ी थी वे सभी पक्के और बारहमासी मार्ग से जुडेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हाट बाजार मेला स्थल धान संगहण केन्द्र और श्मशान घाट जैसे अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग के केन्द्र जो बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े हैं ऐसे सभी सार्वजनिक स्थल और भवन को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा इससे शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचने में लोगों को सहलियत होगी इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साह भी उपस्थित थे योजना के तहत इस वर्ष दो सौ करोड़ रूपये के एक हजार एक सौ सोलह कार्य कराए जाएंगे इसी तरह मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित द्वारिका में बनने वाले नवा छत्तीसगढ सदन का ऑनलाइन शिलान्यास किया नवा छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण साठ करोड़ बयालीस लाख रूपये की लागत से कराया जाएगा

इस अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों सहित ग्रामीण उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री मूपेश बधेल आज रायपुर से दुर्ग जिले के ग्राम पतोरा में आयोजित रोका छेका की रस्म में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से ग्रामीणों से बातचीत की उन्होंने कहा कि रोका छेकाँ ग्रामीण संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा है इस परंपरा को निभाने के लिए ग्रामीणों द्वारा जो प्रयत्न किया गया है वह महत्वपूर्ण है श्री बघेल ने कहा कि खरीफ फसल को बचाने के लिए रोका छेका बहुत जरूरी है पहले गांव के लोग ऐसे ही संकल्प लेते थे और फसल की रक्षा होती थी उल्लेखनीय है कि फसलों की सुरक्षा और बहुफसलीय क्षेत्र के विस्तार के लिए रोका छेका प्रथा पर प्रभावी अमल सुनिश्चित करने आगामी तीस जुन तक प्रदेशभर में लोग चर्चा करेंगे इस दौरान ग्रामीण और शहरी पशुपालक खुली चराई रोकने और सड़कों को मवेशीमुक्त बनाने के उपायों तथा रणनीतियों पर मंथन करेंगे गौठान में विविध आयोजनों के जरिये कृषि और उससे संबंद्व क्षेत्रों की परियोजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया जाएगा राज्यपाल विवि बैठक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज प्रदेश के सभी तेरह विश्वविद्यालय के कुलपतियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली इस दौरान राज्यपाल ने इन विश्वविद्यालयों द्वारा कोरोना संकट के इस दौर में परीक्षाओं का आयोजन की तैयारियों नये शिक्षा सत्र में प्रवेश के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा जैसे मुद्दों की समीक्षा की राज्यपाल ने कलपतियों से कहा कि आने वाले समय में जब भी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित की जाए तो इस बारे में निर्णय उन छात्रों की परेशानियों को भी ध्यान में रखकर लिया जाए जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और जिनके पास फिलहाल आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है इसके अलावा राज्यपाल ने पीएचडी एमफिल की समय सीमा बढ़ाने को भी कहा सुश्री उइके ने कुलपतियों से यह भी कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने को दौरान तकनीकी दिक्कत की वजह से जिन छात्रों से दो बार शुल्क लिया गया है उन्हें अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाए राज्यपाल ने कोरोना संकट के इस दौर में गरीब और आदिवासी छात्रों का विशेष रूप से ध्यान रखने को निर्देश दिए

यह जानकारी राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कल रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से हई चर्चा के दौरान दी उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य के बीपीएल परिवारों को जुलाई से सितंबर तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ को आवंटन दिए जाने का आग्रह किया श्री भगत ने प्रवासी श्रमिकों को भी जुलाई में निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने की मांग की वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों को मई और जून माह का खाद्यान्न निःशुल्क दिया जा रहा है शहीद जवान अंतिम संस्कार भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद छत्तीसगढ़ के जवान गणेश कुंजाम का आज कांकेर जिले में रिथत उनके गृहग्राम गिधाली में प्ररे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी कांकेर के प्रभारी मंत्री गुरू रूद्रकमार सांसद मोहन मंडावी विधायक मोहन मरकाम के अलावा सेना और पुलिस के अधिकारी जवान जनप्रतिनिधि और आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे गौरतलब है कि गलवान घाटी में सोमवार की रात हुई झड़प में भारतीय सेना के बीस जवान शहीद हो गए थे इनमें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का जवान गणेश कुंजाम भी शामिल था भाजपा श्रद्वांजलि भारतीय जनता पार्टी ने आज राजधानी रायपुर के भारत माता चौक में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों को श्रद्दांजलि दी इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौक में भी पृष्पचक्र अर्पित करने के साथ ही मोमबत्ती जलाकर श्रद्वांजलि दी इस मौके पर रायपुर सांसद सुनील सोनी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे वन विभाग तबादला राज्य सरकार ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं जारी आदेश के मुताबिक प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी अतुल शुक्ला को प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनकी जगह पी व्ही नरसिंग को प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी के पद पर पदस्थ किया गया है वहीं धरमजयगढ़ की डीएफओ प्रियंका पांडेय और बलरामपुर के डीएफओ प्रणय भिश्रा को मुख्यालय वापस बुला लिया गया है उनकी जगह केशकाल के डीएफओ मणि वाषम को धरमजयगढ़ तथा गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक इमू तेशु आव को बैकुंठपुर का नया डीएफओ बनाया गया है इसी तरह वन विमाग के उप सचिव गणवीर धम्मशील को केशकाल का नया डीएफओ नियुक्त किया गया है जबकि लक्ष्मण सिंह को बलरामपुर वनमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है माओवादी शहरी नेटवर्क माओवादियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े मामले में एक दिन पहले गिरफ्तार राजनांदगांव निवासी एक कम्प्यूटर व्यवसायी ने पूछताछ में बताया है कि वह पिछले दो साल से माओवादियों के लिए वॉकी टॉकी बेच रहा था

कांकेर पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि माओवादियों को सामानों की आपूर्ति करने वाले बारह लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है इसमें निर्माण कंपनी के लोग भी शामिल है गौरतलब है कि माओवादियों को मदद करने के आरोप में राजनादगांव से अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है बिहान स्व सहायता समूह कोरोना संकट के इस दौर में कोरिया जिले की स्व सहायता समूह की महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत पर्यावरण सुरक्षा के साथ हरियाली का संदेश देकर आर्थिक लाभ ले रही हैं समूह की महिलाओं ने कोरोना संकट के इस समय को अवसर में बदलकर लाखों रूपये का व्यवसाय कर लिया है पहले मास्क निर्माण में जिले से लेकर दूसरे राज्यों तक व्यवसाय कर इन महिलाओं ने इकसठ लाख रूपये से अधिक का व्यवसाय किया वहीं अब पौधों की तैयारी के लिए नर्सरी में प्लास्टिक की जगह कपड़े से बनने वाले बैग का निर्माण कर एक नया प्रयोग शुरू किया है जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलिका प्रजापति ने बताया कि जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ये महिलाए पॉलिस्टर बैग बनाने का काम कर रही हैं उद्यान विमाग के लिए पौध तैयारी कार्य में लगने वाले बैग की मांग के अनुसार अब तक साढ़े चार लाख बैग बनाने का काम भिल चुका है इनमें से आधे बैग की आपूर्ति की जा चुकी है मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विमाग के मुताबिक झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक द्रोणिका स्थित है वहीं एक चक्रीय चक्रवाती धेरा दक्षिण पूर्व उत्तरप्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है जिसके कारण प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पडने की संभावना है संक्षिप्त समाचार खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज राजधानी रायपुर की अमलीडीह स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हितग्राहियों को अरहर दाल का वितरण का श्रभारंभ किया बिलासपुर पुलिस ने हनीट्रैप मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है इन पर युवकों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है महासमुंद जिले के बागबाहरा में आज ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई राजनांदगांव पुलिस ने ट्रांसफॉर्मर से तांबा क्वाइल चोरी करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पांच लाख रूपये से अधिक की रकम बरामद की गई है इसी जिले में खैरागढ़ की ओर जा रहा एक हाईवा चिखली के पास ट्रैक्टर को टक्कर मारते हुए एक दुकान में जा घूसा